झारखंड सहित दे ामर में आज द ाहरा श्रद्वा और हर्शोंल्लास के साथ मनाया जा रहा है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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विजयाद मी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए कहा कि द ाहरे का यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है लेकिन साथ ही एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का भी पर्व है उन्होंने कहा कि आज आप सभी संयम के साथ जी रहे हैं मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिष्टिवत है श्री मोदी ने दे ावासियों से अपील की कि इस बार त्योहार पर जब आप खरीदारी करने जाए तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अव य याद रखें प्रधानमंत्री ने उन जाबांज सैनिकों को भी याद रखने की बात कहीं जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं और भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हमें उनको याद करके ही अपने घरों में त्योहार मनाने हैं हमें घर में एक दीया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भी श्रद्वांजलि दी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें निरंतर अपनी कियेटिविटी से प्रेम से हर पल प्रयास पूर्वक अपने छोटे से छोटे कामों में एक भारत श्रेश्ठ भारत के ख़बसरत रंगों को सामने लाना है और एकता के नये रंग भरने हैं

प्रधानमंत्री ने आने वाले त्योहारों की बघाई देते हुए दे ावासियों से कहा कि त्योहार भें मास्क पहनना है दो गज की दूरी बनाये रखनी है और हाथ साबुन से धोते रहना है

राज्यमर में कोरोना संकमितों की संख्या में कमी आयी है संकमितो के स्वस्थ होने की दर बढ़कर तिरानवे द ामलव एक तीन फीसदी हो गई है वहीं दे ा का रिकवरी रेट नवासी द ामलव आठ भाून्य प्रति ात है

दूरदर्शन समाचार के एक कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में तीन वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है मारत में तीस वैक्सीन कैंडीडेट्स हैं सारे द्वनिया में नौ वैक्सीन कैंडीडेट्स एडवांस के ट्रायल्स में हैं जिसमें से तीन भारत के हैं एक क्लीनिकल फेज थ्री के एडवांस में है और दो जो फेज दू को एडवांस में थे और उसमें से भी एक फेज थ्री में चला गया है इन तीनों के माध्यम से उम्मीद है कि जनवरी तक वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए बताया कि जून जुलाई से पहले चार सौ से पांच सौ मिलियन डोजेज उपलब्ध हो जाएंगी डॉक्टर हर्षवर्धन ने त्यौहारों को देखते हुए लोगों से इस वायरस का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील की

मंत्रालय ने कहा कि भारत में प्रति दस लाख की आबादी में सबसे कम संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं देश में इस महामारी से मरने वालों की दर एक दशमलव पांच एक प्रतिशत है यह विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में से है

जल्द ही यह मुर्त रूप लेगा उन्होंने यह भी कहा कि सरना धर्म कोड बिल के लिए विशीश सत्र बुलाने पर फैसला जल्द लिया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही दस हजार बेटियों को नौकरी देगी वहीं खिलाड़ियों की भी सीधी नियुक्ति की जायेगी बेरमो विधानसभा से महागठबंधन के साझा प्रत्याशी कांग्रेस के कुमार जय मंगल सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा गठबंधन सरकार के कार्यकाल मे क्षेत्र में समस्याएं काफी बढी है केंद्र की मोदी सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की नीतियों के कारण स्वास्थ्य रोजगार और प्रद्षण की समस्याओं ने विकराल रूप धारण कर लिया है

लददाख में भारतीय सीमा पर तैनात रांची के सैनिक अभिशेक कुमार साहू भाहीद हो गए हैं सैन्य अधिकारियों ने कल भााम अभिशेक के परिजनों को इसकी जानकारी दी परिजनों के अनुसार सेना के अधिकारियों ने बताया कि अभिशेक का पार्थिव भारीर अमी करगिल में है भाहीद का पार्थिव भारीर कल या मंगलवार को हवाई मार्ग से रांची लाया जा सकता है भाहीद अभिशेक चान्हो के रहने वाले थे और दिसंबर दो हजार पंद्रह में वे नियुक्त हुए थे

गृह राज्य मंत्री जी ॅ किशन रेड्डी ने कल आईटीबीपी के उनसठवें स्थापना दिवस पर कहा कि सरकार ने इस बल को और अधिक सक्षम तथा आधुनिक बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं श्री रेड्डी ने कहा कि वर्तमान सरकार आईटीबीपी को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है श्री रेड्डी ने कहा कि सीमा सुरक्षा के अलावा यह बल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई के अलावा विदेश में शांति मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है

वही पुलिस ने कांड का सफल अनुसंधान करते हुऐ एक मोटरसाइकिल सहित छः अभिय्क्तों को गिरफ्तार कर लिया है नवरात्र अनुष्ठान और द्र्गापूजा के समापन पर विजयदशमी आज पूरे देश में सादगी सहित श्रद्धा और उल्लास से मनायी जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाए दी है श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि यह त्यौहार देश की सांस्कृतिक एकता को सुद्रढ़ करता हैं और हमें अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोगो र्से दशहरा मनाते समय कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है इधर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को दुर्गापूजा और द ाहरा की हार्दिक भाभकामनाए दी हैं

लॉकडाउन के बाद पहली बार जैक की ओर से ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जायेगा जैक इंटर कंपार्टभेंटल की परीक्षा छह नवंबर से और मेट्रिक कंपार्टभेंटल की भी परीक्षा नौ नवंबर से लेगा

किंग्स इलेवन पंजाब के क्रिस जोडर्न को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया

कोलकाता नाइट राइडर्स के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द भैच घोषित किया गया